झारखण्ड में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर तेरह हो गया है

जिले के सिविल सर्जन डॉ एके पाठक ने बताया है कि साड़म गोमिया के एक बुजुर्ग की आज सुबह मृत्यु हो गई

सभी प्रवेश द्वार में बैरिकेटिंग कर दंडाधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस बलों की तैनाती की गयी है

कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है गोड्डा के बसंतराय में बीडीओ शेखर कुमार और थाना प्रभारी गिरधर गोपाल ने फिल्मी गाने की पैरोडी गाकर लोगों से कोरोना से बचने की अपील की है लोगों को सामाजिक दूरी घरों में रहने की सलाह और हाथों की अच्छी सफाई से कोरोना महामारी को भगाने और हराने की बॉलीवुड को एक हिट गाने की पैरोडी काफी प्रभावी दिख रही है कोरोना संक्रमण और लॉक डाउन के बीच किसी को खाने पीने की दिक्कत ना हो इसके लिए कोडरमा जिला प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं

रेलवे ने व्यक्तिगत सुरक्षा किट का निर्माण भी शुरू कर दिया है अभी लगभग एक हजार किट प्रतिदिन बनाने का प्रयास किया जा रहा है जिसे बाद में और बढ़ाया जायेगा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

प्रशासन ने दवा दूध और खाद्यान्न की खरीद के लिए तय की गयी सीमित समय सीमा में और भी कटौती कर दी

हालांकि कल से लॉकडॉउन की व्यवस्था पहले की तरह रहेगी वहीं अनुमंडल पदाधिकारी ने मुस्लिम भाईयों से पूरे देश में फैली कोरोना महामारी को देखते हुए आज सबेबरात की रश्म अपने घरों पर ही पूरी करने और घरों से ना निकलने की अपील की

उन्होंने कहा कि अनियमितता बरतने वाले दकानदारों की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाएगी चतरा जिले के सिमरिया प्रखंड के गोवाखुर्द गाँव में पीडीएस दुकानदार द्वारा कम अनाज देने का विरोध करने पर कार्ड फाड़ने की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मंत्री ने प्रभारी एमओ को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है

वरिष्ठ चिकित्सक डॉ बलबीर सिंह इस परिचर्चा में शामिल होंगे

दवीटर हैंडल एट द रेट न्यूज अलर्ट्स बाय हैश टैग आस्क एआइआर पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं

यह हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन एआईआर डॉट कॉम और यू ट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा

इस राहत पैकेज की पिछले महीने घोषणा की गई थी सरकारी सूत्रों ने बताया कि यह राशि हर एक खाते में पहंच गई है और लाभार्थी अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे बैंक से निकाल सकते हैं प्रधानमंत्री के सम्मान में पांच मिनट खड़े होने की कुछ खबरों के संबंध में श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि पहली नजर में यह उन्हें विवाद में घसीटने का द्र्मावनापूर्ण प्रयास लगता है

खूंटी जिले के कर्रा थाना क्षेत्र के जलंगा गांव में लकवा ग्रसित बुजुर्ग की मौत हो गई कोरोना संक्रमण के संदेह में बुजुर्ग का शव सुरक्षित रखकर जांच के लिए सैंपल रिम्स भेजा गया है

दरअसल मृतक का भाई उसी ट्रेन के कोच में अटेंडेंट था जिससे मलेशियाई मूल की कोरोना पॉजिटिव महिला दिल्ली से रांची आई थी उसे पहले ही आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है

घरों में घ्सकर उग्रवादियों ने मारपीट की जिसमें सात लोग घायल हए हैं

जबकि एक अन्य बच्चा बीमार है जिला प्रशासन की ओर से इसे चिकन पॉक्स से हई मौत बताया जा रहा है हालांकि कोरोना को लेकर पूरे गांव को सेनीटाइज किया जा रहा है राजमहल एसडीओ कर्ण सत्यार्थी ने गांव का दौरा करने के बाद बताया कि गांव के सभी लोगों की स्वास्थ्य जांच कराई जा रही है और अधिकारी नजर रख रहे हैं